केन्द्र सरकार की समर्थन मूल्य योजना के तहत ही प्रदेश में होगी खरीफ फसलों की खरीदी

मॉब लिंचिंग प्रदेश में मॉब लिंचिंग अथवा मॉब वॉयलेंस यानि भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दृष्प्रेरित होकर की जाने वाली हिंसात्मक घटनाएँ पर तुरंत कठोर कार्यवाही की जायेगी ऐसी घटनाओं को भारतीय दण्ड विधान संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराध माना जायेगा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है न्यायिक प्रक्रिया में भीड़ को उकसाने का प्रयास करने वाले को कठोरतम दण्ड देने का प्रावधान है उच्चतम न्यायालय ने मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य शासन ने मॉब लिंचिंग के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये जिलों में पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रामक संदेश वीडियो और अफवाह फैलाने पर संबंधितों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अनुरूप कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी इसके लिये नोडल अधिकारी टॉस्क फोर्स गठित करेगा जो उकसाने वाले समाचार भाषण अफवाह सोशल साइट्स कमेंट पर नजर रखेगा पेट्रोल डीजल दाम प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पाँच रूपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर ढाई रुपए की कमी की गई है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली के प्रति आभार व्यक्त किया है प्रदेश में पेट्रोल पर अतिरिक्त कर में ढ़ाई रूपये की कटौती और डीजल पर वैट में चार प्रतिशत की कमी की गयी है इसके फलस्वरूप राज्य में पेट्रोल और डीजल पर करों में प्रति लीटर ढाई रूपये की कमी हुई है

नए दाम कल से लागू हो गए हैं

इस अवसर पर श्री चौहान ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस रेल परियोजना के अंतर्गत आने वाले गाँव कस्बो को न केवल बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी बल्कि इससे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी उन्होने कहा कि इस क्षेत्र को औघोगिक कोरिडोर के रूप मे विकासित किया जायेगा समर्थन मूल्य प्रदेश में मूँग उड़द तुअर मूँगफली तिल और रामतिल की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी यह खरीदी केन्द्र सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत की जायेगी इसके लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं

अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल प्रदेश के आदिवासी बहल जिले झाबुआ में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे श्री शाह यहां आयोजित जनजातीय सम्मेलन में भाग लेंगे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सहित अनेक नेताओं के शामिल होने की संभावना है प्जारी मानदेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल पुजारियों को दी गई सौगातों का पालन सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं जारी आदेशों के अनुसार समस्त शासकीय मंदिरों के पूजारियों और सेवादारों को संबल योजना का लाभ दिया जायेगा पूजारियों के मानदेय में भी तीन गुना वृद्धि की गई है जिससे उन्हें तीन हजार रूपये प्रति माह तक मानदेय मिलेगा उनका साल में दो बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा और आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी

इस पेंशन अदालत में लंबित प्रकरणो का निराकरण किया जायेगा सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रकरण प्रस्तुत कर सकेगें अदालत में सेवानिवृत्त अधिकारी पेंशन प्रकरणों के पुनरीक्षण का निराकरण करा सकते हैं विज्ञान मंथन यात्रा मध्यप्रदेश मिशन एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा बारहवीं विज्ञान मंथन यात्रा आज से शुरू हो रही है

इनमें आठवी नोवी दसवी ग्यारहवी और बारहवीं के केवल विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं इस यात्रा के लिये चयनित विद्यार्थियों को चुनिंदा शहरों में स्थित विज्ञान संस्थानों और प्रयोगशालाओं के भ्रमण के साथ ही विख्यात वैज्ञानिकों से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान का अवसर भी मिलेगा

परिषद द्वारा हर साल यह यात्रा आयोजित की जाती है अभी तक ग्यारह विज्ञान मंथन यात्राओं में सात हजार से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हो चुके हैं ट्रेवल मार्ट राजधानी भोपाल में आज से तीन दिवसीय मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जायेगा इसमें टूर एण्ड ट्रेवल एसोसिएशन होटल हॉस्पिटिलिटी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है यह जानकारी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिरंजन राव की अध्यक्षता में संपन्न ट्रेवल मार्ट की तैयारियों संबंधी समीक्षा बैठक में दी गई बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट की औपचारिक शुरूआत कल अशोका लेक व्यू परिसर में होगी मार्ट के दौरान प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के पर्यटन निगमों बोर्ड और टूर ट्रेवल एजेंसी के स्टॉल लगाये जायेंगे मार्ट में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और हेरिटेज वॉक आयोजित की जायेगी मार्ट में भाग लेने के बाद विभिन्न प्रतिनिधि मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करेंगे

शिवपुरी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत कल जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

आज यह दल मुरैना पहुंचेगा जहां कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन्हें संबोधित करेंगे

आज पूरे प्रदेश में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है